प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत राजस्थान देशभर में पहुंचा दूसरे स्थान पर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

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कल विधानसभा में बताया कि इस अभियान में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी जायेगी श्री धारीवाल अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे

नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि कच्ची बस्ती और अन्य सभी पट्टों पर भी लोगों को ऋण मिल सकेगा उन्होंने बताया कि भूखंडों के उपविभाजन पश्चात पट्टे मिल सकेंगे और स्टेट क्राउन एक्ट के अलावा पुरानी आबादी में आवासीय और दुकान होने पर भी पट्टे दिए जा सकेंगे उन्होंने बताया कि जयपुर में जेएलएन मार्ग को रेड लाइट फ्री बनाया जायेगा वहीं चारदीवारी में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए रामनिवास बाग में अंडर ग्राउंड पार्किंग बनायी जायेगी नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि इंदिरा रसोई में निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे

श्री धारीवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी में एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में एसटीपी और सीवरेज ट्रीटमेंट के कार्य होंगे

उन्होंने विभाग के अभियन्ताओं को इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि गारंटी अवधि में सड़क की मरम्मत नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए श्री गहलोत ं कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया श्री गहलोत ने जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कों पुलियाओं और सड़क मार्गो पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायतों के निराकरण के लिए उनकी जियो टैगिंग और मैपिंग किए जाने के निर्देश दिए

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल सूचित किया कि नीट परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी एजेंसी ने सभी विद्यार्थियों को सलाह देते हुए कहा कि विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें

राज्य विधानसभा में कल विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई उन्होंने विधानसभा परिसर में चलाए जा रहे टीकाकरण केन्द्र की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया

नौ जिलों भरतपुर बूंदी दौसा धौलपुर जैसलमेर करौली पाली सिरोही और टोंक में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला राज्य में कल भी इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हई

इसी के तहत आकाशवाणी जयप्र के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं